आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा अस्थि कलश पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मनाली के निकट व्यास नदी में विसर्जित करेंगे

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्पर्क से समर्थन के तहत मनाली शहर में वशिष्ठ व्यक्तियों से भेंट की और केंद्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक प्रदान की रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन का त्यौहार आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी दीर्घ आयु और सुखमय जीवन की कामना करती हैं इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है राज्य पथ परिवहन निगम ने आज अपनी बसों में प्रदेश के भीतर महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा दी जा रही है उधर रक्षाबंधन के अवसर पर बिलासपुर ज़िले के झंड्रता विधानसभा क्षेत्र में पथ परिवहन निगम की तीन नई बसों को विधायक जेआर कटवाल आज झंडी दिखाकर रवाना करेंगे उन्होंने बताया कि ये बस सेवा बरठी से चंडीगढ़ झंड्रता से चंडीगढ़ और गेहड़वीं से परवाणु रूटों पर चलेंगी

अकादमी के सचिव डॉक्टर कर्म सिंह ने बताया कि पहाड़ी लघु चित्रकला प्रतियोगिता में कृष्ण लीला और वेणु गोपाल कलाकृतियों के लिए शाहपुर कांगड़ा के चित्रकार दीपक भंडारी को प्रथम पुरस्कार रामायण चित्र और गीत गोबिंद कलाकृतियों के लिए धर्मशाला के चित्रकार मोनू कुमार को द्वितीय और त्रयम्बेकश्वर महादेव तथा गीत गोबिंद कलाकृतियों के लिए चंबा के कलाकार परीक्षित गर्ग को तीसरा पुरस्कार दिया गया है चंबा रूमाल के लिए प्रथम पुरस्कार कृष्णा ईडन गार्डन दान लीला रूमालों के लिए चंबा की अनीता को प्रथम ढोलकी रास और गोपाल रास रूमालों के लिए चंबा की पिंकी को दूसरा और रसमंडल रूमाल के लिए कमला चढ्ढा को तृतीय पुरस्कार दिया गया है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में कयामत की बरसात हाई वे बंद होने से थमी प्रदेश की रफ्तार

दैनिक भास्कर के लिखता है थर्ड फोर्थ कलास जॉब के लिए सिर्फ एंट्रेंस की मेरिट पर भर्ती पूर्व कांग्रेस सरकार के फैसलों को पलटने की तैयारी में जयराम सरकार

दैनिक जागरण का शीर्षक है स्मार्ट कार्ड रोकेगा छात्रवृत्रि की गड़बड़ी

दैनिक सवेरा टाईम्स और पंजाब केसरी के शब्द हैं रावी ब्यास यमुना और सतलुज में विसर्जित होंगी अटल जी की अस्थियाँ रक्षा बंधन से जुड़ी ख़बर भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित हुई दैनिक जागरण अपने संपादकीय सरकारी स्कूलों का सच में लिखा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को लुभाने के लिए मिड डे मिल निःशुल्क वर्दी और मेधावी छात्रों को लैपटॉप जैसी कई योजनाए शुरू की गई है बावजूद इसके स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या चिंता का विषय है